कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

आज नैनीताल में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण करने के बाद उन्होने बताया कि प्रदेश में वयोवृद्ध और बुजुर्ग लोगों का टीकाकरण किया जाएगा उन्होंने कहा कि आज के दौर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाया जाना जरूरी है उन्होने लोगो से अपील की कि वे मास्क लगाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें उन्होने कहा कि मास्क इस तरीके से लगायें कि नाक भी उससे पूर्णतः ढकी रही उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर साबुन से हाथों को भली भॉति धोते रहे और सामाजिक दूरी को भी अपने जीवन का मूल मंत्र बनायें उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री भी समय समय पर वार्ता कर राज्य की जनता और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते रहते हैं और महामरी से निपटने में केंद्र सरकार से प्रदेश को पूरी सहायता और सहयोग किया जा रहा है

कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण तेजी पकड रहा है और लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने आ रहे हैं

कोविड महामारी देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविड रोगियों की संख्या घट रही है इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरन्तर सुधार हो रहा है हालांकि कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में संक्रमण दर अब भी उच्च स्तर पर है

देश में कई दिनों से प्रतिदिन तीन लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो रहे हैं

पिथौरागढ पिथौरागढ़ में आज कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कोराना महामारी से संबंधित बैठक ली बैठक में कोराना के लगातार बढ़ने की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई

पिथौरागढ़ स्टेडियम में पंजीकरण और टीकाकरण सेन्टर बनाया है

श्री चुफाल ने जिलाधिकारी और सीएमओ को कोरोना रोकथाम के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये

हरिद्वार हरिद्वार जिले के कोविड प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने आज ाक्सीजन आपूर्ति की स्थिति और इसकी पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी लेने के लिए भेल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया

प्रभारी मंत्री ने बताया कि भेल की फिलिंग क्षमता को दस हजार तक बढ़ाये जाने और इसके लिए नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जाने के सम्बंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख कर अनुरोध किया गया है श्री महाराज ने कहा कि जिले की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति कम नहीं होने दी जायेगी उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सभी कोरोना से बचाव के नियम अपनाये और गाइडलाइन का पालन करें

जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर मरीजों की पहचान करेगी और वहीं उनकी जांच करेगी इससे उन्हें उपचार के लिए शहर आने की आवश्यकता नहीं होगी यह जानकारी मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कल शाम पत्रकारो दी पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में एक साल में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और आगे भी इनमें वृद्धि करेंगे

साथ ही जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी ऑक्सीजन बेड बनाए जाने की तैयारी है उन्होंने बताया कि रेमडिसिविर को क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अनुसार ही उपयोग किया जाएगा

वैक्सिनेशन का केंद्र रैमजे इंटर कॉलेज में बनाया गया है केंद्र के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है

इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी प्रतिदिन प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जा रही है

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि टीकाकरण के लिए सेशन साइट के रूप में विकासखंड चम्बा के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय राजकीय इंटर कालेज चम्बा प्रतापनगर के डिग्री कॉलेज लंबगांव और नरेंद्रनगर में गंगा रिसोर्ट मुनिकीरेती जौनपुर में जीआईसी थत्यूड़ थौलधार के जीआईसी छाम कीर्तिनगर के जीआईसी कीर्तिनगर देवप्रयाग के जीआईसी हिंडोलाखाल जाखणीधार के जीआईसी बरकोट और विकासखंड भिलंगना में विकासखंड भवन में टीकाकरण किया जाएगा मुख्य चिकित्सधिकारी डॉ सुमन आर्य ने बताया कि वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदिन टीकाकरण किया जाएगा सैनिक कल्याण सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्यधाम निर्माण में अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिये आज देहरादून में एक बैठक में उन्होने ने सैन्यधाम के लिए भूमि स्थानान्तरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होने कहा कि कोविड संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में कार्मिकों की आवश्यकता होने पर उपनल कार्मिकों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए

जिला अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि गंभीर संक्रमित व्यक्तियों की इलाज के लिए जिला अस्पताल चंपावत संयुक्त चिकित्सालय लोहाघाट और टनकप्र के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल जीवन अनमोल में ऑक्सीजन युक्त कोविड़ बेड बनाए गए हैं पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस द्वारा मिशन हौसला के तहत कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो वही असहाय और गरीब लोगों से सम्पर्क कर उन्हें राशन और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है दूसरी ओर पुलिस विभाग द्वारा फोन कॉल के माध्यम से जरूरतमंद लोगो के लिए आक्सीजन सिलेंडर दवाइयां पहुँचायी जा रही हैं